यह व्यवस्था आज से लागू हो गई है जो राज्य में पुलिस सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद आज लखनऊ में इस फैसले के बारे में जानकारी देते हये बताया कि कैबिनेट ने लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयक्त व्यवस्था को लागू करने को मंजूरी दे दी है उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण यह फैसला दशकों से लम्बित था मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति काफी बेहतर होगी यह व्यवस्था लागू होने से जिला मजिस्ट्रेट को केवल राजस्व संबंधी काम देखने हॉगे और कानून व्यवस्था से जूडे समी फैसले पुलिस आयुक्त लेंगे लखनऊ और नोएडा स्मार्ट और सुरक्षित शहर के रूप में विकसित हो सकेंगे इसी तरह नोएडा में भी अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी स्तर का एक अधिकारी पुलिस आयुक्त होगा और उनके सहयोग के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक डीआईजी रैंक के दो अपर पुलिस आयुक्त रहेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रयागराज जोन के अपर पुलिस महानिदेशक सूजीत पाण्डेय को लखनऊ का पहला पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है लखनऊ में दो नए थानों को स्वीकृति मिलने के बाद अब राजवानी में कृत चालीस थाने हो गए है दो पुलिस महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी नवीन अरोड़ा और नीलाब्जा चौधरी को लखनऊ के संयुक्त पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनाती दी गई है लखनऊ में पुलिस अधीक्षक स्तर के नौ अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे मेरठ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक आलोक सिंह गौतमबुद्वनगर यानी नोएडा के पहले पुलिस कमिश्नर नियुक्त किये गये हैं महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लखनऊ और नोएडा में पुलिस अधीक्षक स्तर की महिला पुलिस अधिकारी भी नियुक्त करने का निर्णय किया गया है प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक ब्रजलाल ने इस फैसले का स्वागत किया है और ऐसा साहसिक कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीन दिवसीय दौरे पर आज गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री को आज गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भाग लेना था लेकिन ओमान के सुत्तान कादूस बिन सैद अल सैद के निधन पर उनके सम्मान में राजकीय शोक घोषित होने के कारण आज महोत्सव के सभी कार्यक्रम अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिये गए आज होने वाले सभी कार्यक्रमों के कल होने की संभावना है गोरखपुर के जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुनील गुप्ता ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित होने वाले मकर संकांति मेले में सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए जाने वाले पुलिसकर्मियों को आज सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशानिर्देश दिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने आने वाले सभी श्रद्दालुओं की पर्याप्त सुरक्षा जांच के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी श्रद्वालु को किसी भी तरह की परेशानी न हो उन्होंने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान संवेदनशीलता बरतने को कहा है प्रदेश में ठंड का प्रकोप जारी है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात के बाद राज्य में चल रही सर्द हवाओं ने फिर से ठिदुरन बढ़ा दी है पिछले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गयी मिर्जापुर में कल न्यूनतम तापमान तीन दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और बहराइच में तीन दशमलव आठ डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया गोरखप्र और आसपास के क्षेत्रों सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के विमिन्न स्थानों पर आज दिन भर ध्यप न निकलने के कारण गलन भरी ठंड से लोग परेशान रहे घना कोहरा छाये रहने के कारण प्रदेश में सड़क और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के पश्चिमी जिलों में बारिश की संभावना जतायी है विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोम के सक्रिय होने के कारण आज से राज्य के पश्चिमी अंचलों में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है पूर्वी उत्तर प्रदेश में पन्द्रह जनवरी से बारिश की सम्भावना जतायी जा रही है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर आज परिवहन निगम की एक बस के खाई में गिर जाने से हुई दुर्घटना में दो लोगों की मृत्यू हो गयी और पंद्रह अन्य घायल हो गये बस आगरा से लखनऊ जा रही थी पुलिस के अनुसार दुर्घटना आगरा के फतेहाबाद क्षेत्र में उस समय हई जब घने कोहरे के कारण चालक बस पर नियंत्रण खो बैठा और बस एक्सप्रेस वे से नीचे खाई में जा गिरी बस में पैंतीस से अधिक यात्री सवार थे सभी घायलों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया है प्रतापगढ़ के कोतवाली क्षेत्र में आज मकान का छज्जा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई जबकि नौ अन्य घायल हो गये पुलिस के अनुसार दुर्घटना कोतवाली के बावूगंज बाजार में एक जर्जर मकान को तोड़ते समय हुई सभी घायलों को लालगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है